भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम के अन्तर्गत आज जयप्र में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देष की सेना द्श्मनों को उचित समय पर कठोर कार्यवाही करके जवाब देने में सक्षम हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान से स्पष्ट है कि भारत का रूख देखकर पाकिस्तान में हताशा और डर का माहौल है श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मजबूत फैसले लेने में सिद्वहस्त हैं और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यालय बेदाग रहा है डॉ महेश शर्मा ने बताया कि वे राम मन्दिर निर्माण गंगा निर्मलीकरण हैरिटेज संस्कृति योग तथा आयुर्वेद के विषयों पर लोगों से सुझाव ले रहे है जयपुर में आज उन्होंने आभूषण व्यापारियों वकील चार्टर्ड एकाउन्टेंट तथा डॉक्टर्स से संवाद किया

दोनों मंत्रियों ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों को हर संभव मदद दी जाएगी

चुनाव विभाग के अधिकारियों के साथ आज जयपूर में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्री सिन्हा ँने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को महोत्सव मानते हुए अधिकाधिक मतदाता अपर्ने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके इसके लिए मतदाता जागरुकता अभियान के माध्यम से बेहतर प्रयास किए जाएं उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन लोकसभा क्षेत्रों में पिछले चुनावों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां खास तौर पर योजना बनाकर अभियान चलाया जाये उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों में ज्यादा से ज्यादा नये मतदाताओं का पंजीकरण हो इसके लिए भी विशेष अभियान चलाए जाए उन्होंने आगामी चुनाव में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्र सहयोग और सुविधा देने पर भी जोर दिया

उन्होंने बताया कि संभागीय आयुक्त जिला जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव से जुड़े अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए चुनावी तैयारियों की लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है

उन्होंने कहा कि इस नई सरकार के सत्ता में आते ही पूरे राज्य में विकास कार्य ठप्प हो गए हैं भाजपा सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को बंद किया जा रहा है उन्होंने कहा कि झालावाड़ जिले में भी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा होंगे इस कार्यक्रम में झुंझुन भरतपुर और अलवर जिले के युवा भाग लेंगे

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दुरदर्शन के समुचे नेटवर्क पर किया जाएगा

इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और मुख्य कार्यकारी अधिरियों को निर्देश जारी किए गए हैं

श्री सिंह ने बताया कि इस अभियान में पट्टे और भूखण्ड आवंटन के लिए सभी पात्र व्यक्तियों के नये आवेदन भी लिए जाएंगे उन्होंने बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए आगामी एक और ग्यारह मार्च को ग्राम पंचायतों की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी

जयप्र में आज आयोजित सम्मेलन में उद्योग आयुक्त के के पाठक ने प्रदेश के सभी उद्योग संघों और अनुसूचित जाति और जनजाति के नये उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद नीति की जानकारी दी

सूचना के बाद पुलिस महानिदेशक जेल एनआरके रेड्डी सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच कर मामले की पडताल कर रहे हैं श्री रेड्डी ने बताया कि प्रकरण की पड़ताल शुरू कर दी है साथ ही फिलहाल किसी भी प्रकार का बयान देने से मना किया है

जिले के धरियावाद कस्बे में सलूंबर मार्ग पर एक तेज रफ्तार जीप ने दो मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई

पांच घायलों की हालत गंभीर होने से उन्हें उदयपुर के लिए रेफर किया गया जहां दो घायलों की मौत हो गई

उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर आरोग्य मेला आयोजित करने का मकसद है कि आम लोग चिकित्सा की विधाओं से परिचित होकर न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो बल्कि अन्य चिकित्सा पद्धतियों के प्रति विश्वास भी उनमें पैदा हो

समारोह में आयुष विभाग के एक सॉफटवेयर को भी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री ने लॉच किया

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार देर रात से सुबह तक कई स्थानों पर हल्की बरसात और ब्रंदाबांदी हुई